संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त महिलाएं सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कारगर भूमिका निभा सकती हैं विभिन्न स्व सहायता समुहों से जुड़ी देश भर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना जरूरी है उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यमशील होती हैं और उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें अपनी क्षमता योग्यता और कशलता समझने का मौका दिया जाए श्री मोदी ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सम्पन्नता का आधार बन रहे हैं और देश की महिलाओं में समाज में बदलाव लाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि स्व सहायता समृह गरीबों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए आर्थिक विकास की ध्री बने हए हैं और इनसे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं

उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को उचित सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं न्यायालय ने छह महीने के भीतर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त करने का निर्देश भी जारी किया है न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने एक पत्र का संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किए पत्र में शिक्षा लेते समय दिव्यांग बच्चें के सामने आने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया था पंत्र में कहा गया था कि दिव्यांग बच्चों को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शौचालय परिवहन और अवरोध रहित आवागमन की सुविधाएं मुहैया करानी होंगी

राज्यपाल ने सभी प्रस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित प्रस्तक भी भेंट की वीडियो कांफ्रेंसिंग पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने पुलिसकर्मियों को अपने काम में और अधिक पारदर्शिता लाने को कहा है देहरादून से सभी जिलों के प्रभारियों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने को कहा पिछले एक साल से लम्बित मामलों पर नाराजगी जताते हए उन्होंने इन सभी प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए श्री रतूड़ी ने पुलिस अधिकारियों को यातायात व्यवस्था का आंकलन कर कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने के निर्देश दिए

आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपनी एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के सरकार के आदेश को रद्द करते हुए उसे बहाल कर दिया गया था मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए समिति को भंग किये जाने के सरकार के आदेश को सही ठहराया मंदिर समिति को भंग किये जाने का निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता में आने के तुरंत बाद लिये गये कई निर्णयों में से एक था कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पिछले साल एक अप्रैल को मंदिर समिति को भंग करने और उसकी जगह नयी समिति गठित करने के निर्देश दिये थे

भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कल बागेश्वर में इण्टरमीडिएट तक के स्कूलों को बंद रखा गया है इस बीच प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला सुबह के समय तेज बारिश होने के बाद दोपहर के समय ध्रप खिली रही इसके चलते मौसम में हल्की गर्माहट महसूस की गई पिछले क्छ दिनों से हो रही बारिश के चलते राज्य की प्रमुख नदिया उफान पर हैं इधर देहरादून में बरोटीवाला के पास आज सुबह तेज आंधी के कारण एक पेड़ के मोटरसाइकिल सवार पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई

वाय सेना के हेलीकॉप्टर मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं

वही तीसरे और चौथे दल के यात्रियों को ग्रंजी से पिथौरागढ़ लाया जाएगा

कमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होते ही यात्रा सुचारु हो जाएगी वॉक फॉर कोसी कोसी नदी के पुनर्जीविकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज अल्मोड़ा स्थित नंदादेवी मंदिर से वॉक फॉर कोसी अभियान की शुरूआत की गई आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष रघनाथ सिंह चौहान ने कहा कि कोसी नदी को पूनर्जीवित करने के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे उन्होंने बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर वहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर कोसी को पुनर्जीवित करने की पहल की जाएगी इस दौरान श्री चौहान ने जिले की अन्य जल धाराओं की सफाई कर उनके संरक्षण की बात भी कही

मोबाइल एप स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने नई पहल की है जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने आज शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के उददेश्य से स्वच्छता दपर्ण मोबाइल एप लॉच किया शहर में फैले हए कडे की फोटो खींचकर इस एप में डालने से कडे की लोकेशन का पता चल सकेगा और नगर पालिका के कर्मचारी इस कूड़े का तुरंत निस्तारण करेंगे नगर पालिका में इधर उधर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खिंचकर एप्प में डालने से उस व्यक्ति का चालान करने का प्रावधान भी इस एप में किया गया है संक्षिप्त समाचार हरेला पर्व के मौके पर देहरादून की रिस्पना नदी में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना है